कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में नियमित टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी क्षेत्र स्वदेशी रक्षा उत्पादों के शोध और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

अब तक एक करोड़ छह लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री कहा कि स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा

इसे लेकर प्रदेश के खिलौना उद्योग से जुड़े सभी छोटे बड़े व्यवसायियों में उत्साह देखा जा रहा है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाकमों को साझा करने का आग्रह किया लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं प्रदेश में सुबह और शाम को हल्की ठंड का अहसास बरकरार है वहीं दोपहर में तेज धूप के कारण हल्की गर्मी का भी असर लोग महसूस कर रहे हैं